उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आम जनता को जागरूक करने का भी आग्रह किया ताकि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोका जा सके

ये बात सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन में कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए गठित समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ये जरूरी है कि लोग न केवल सरकारी निर्देशों का पालन करें बल्कि अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि नियमों की अनुपालना में कोताही न हो

बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण मास्क पहनने की अनिवार्यता को देखते हुए नाहन विधानसभा क्षेत्र में अब भाजपा महिला मोर्चा के साथ सैल्फ हैल्प ग्रुप के सदस्य भी मास्क बनाने का काम करेंगे बिंदल ने मनरेगा के कार्यों को खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण स्तर पर काम शुरू होंगे और सिंचाई व जनस्वास्थ्य लोक निर्माण विभाग और विद्युत बोर्ड के कार्य शुरू होने से श्रमिकों को रोजगार मिल पाएगा ज्ञानशाला कोरोना वायरस की रोकथाम के मददेनजर लागू कर्फ्यू के दौरान प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद है

ऊना कोरोना ज़िला ऊना के अंब उपमंडल की राजपुर जस्वां पंचायत में बीते कल एक कोरोना पॉजिटिव मामले के उजागर होने के बाद ज़िला प्रशासन ने इस पंचायत को सील कर दिया है उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इस पंचायत क्षेत्र में लोगों के घरों से बाहर निकलने और निजी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घरद्वार पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है

उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या को देखते हुए ज़िले में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा हमीरपुर प्रोटोकॉल हमीरपुर में दो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सामने आने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हमीरपुर शहर जोल सप्पड़ पंचायत और इसके आस पास के तीन किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि करीब सात किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी उपायुक्त ने बताया कि दोनों संक्रमितों को राधा स्वामी अस्पताल भोटा में स्थित सेंकेंडरी पृथक सुविधा स्थल में भेजा गया है उन्होंने कहा कि यहां उनकी स्वास्थ्य देखभाल के सभी प्रबंध किए गए हैं और उनके यात्रा विवरण सहित संभावित सम्पर्कों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है